मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए नीति निर्धारण में डाटा अत्याधिक महत्वपूर्ण है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यदि शिक्षा हमारे आस पास के वातावरण से जोड़कर दी जाये तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान विकसित कर सकते है श्री मोदी ने मूल्यांकन प्रणाली में सुधार आने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख सथापित करने की घोषणा की

उन्होंने कहा कि बच्चों में तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक सोच पैदा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र विकास के लिए कारग्जारी के मूल्यांकन और ज्ञान के विश्लेषण हेतु यह परख केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिससे मूल्यांकन प्रणाली में सुधार होगा इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सम्बोधन के कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैज्ञानिक पहंच से विद्यार्थियों के समूचित विकास पर केन्द्रित है केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने आज चंडीगढ़ में श्रम ब्यूरो के नये भवन की उदघाटन किया इस भवन को श्रम ब्यूरो भवन का नाम दिया गया है इस अवसर पर पंजाब श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिध् हरियाणा के श्रम मंत्री अन्प धानक और केन्द्रीय मंत्रालय क सचिव हीरा लाल समारिया व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे कार्यक्रम को सम्बोधित करते ह्ये केन्द्रीय मंत्री श्री गंगवार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में डाटा की जरूरत और महत्व से परिचित है

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सही गिनती का पता लगाने पर ज़ोर देते हये उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सभी संकेतकों के साथ श्रमिकों का डाटा एकत्रित कर रहा है उन्होंने कहा कि अब तक की गिनती अन्मानित है मंत्री ने कहा कि डाटा प्रभावी तैयार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभात है

तालाबंदी के दौरान श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है मंत्री ने कहा कि वे प्रवासी श्रमिक जो अपने घरों को वापस गये है उन्हें उनके कौशल के अनुसार काम नहीं मिल रहा श्री गंगवार ने कहा कि डाटा होने पर उन्हें उनकी योग्यता अन्सार काम दिया जा सकेगा नये भवन के बारे में बोलते हये उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सभी सुविधाओं से युक्त इस भवन को दो वर्ष मे तैयार किया है हरियाणा के श्रम मंत्री अपून धानक ने अपने सम्बोधन में कहा कि हरियाणा में मजदूरों के लिए सभी योजनाओं को लागू किया जा रहा है श्रम ब्यूरों के महानिदेशक डी पी एस नेगी ने कहा कि जल्द ही श्रम ब्यूरो को डिजीटाईज करने का काम किया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी और डाटा सम्बधी किताबें तैयार करने में देरी नहीं होगी हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी ब्रैंकों को पश् किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटने के निर्देश दिये है मुख्य सचिव सचिव आज पशु किसान क्रेडिट कार्ड आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शिश् मुद्रा विभेदक ब्याज दर योजना हरियाणा सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम बहाली ब्याज लाभ योजना और पीएम स्वनिधि योजना की राज्य स्त्रीय बैंकरर्स कमेंटी की समीक्षा बैठक की अधक्षता कर रही थी उन्होंने चंडीगढ़ मे वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायक्तों को भी इन योजनाओं के क्रियानवयन बारे निर्देश दिये श्रीमती आरोड़ ने जिलों के उपाय्क्तों को योजनाओं के लाभार्थियों को डाटा जल्द से जल्द बैंकों को दिये जाने व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने का हिदायत की उन्होंने यह भी किया कि स्वीकृत किये गये मामलों की बजाये ऋण वितरण मामले ही बैंकों को सही प्रगति मानी जायेगी

प्लिस प्रवक्ता सहायक प्लिस आय्क्त आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान उत्तरप्रदेश के जिला आज़मगढ़ निवासी जितेंद्र और बिहार के जिला मुज़फरपुर के मोहन के रूप में हई है आज गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत में पेश करके चार दिन का रिमांड पर लिया गया है उसे पूछताछ की जा रही है

वहीं एक अन्य कार्रवाई में पंजाब नेशनल बैंक भूना के पास से एक किलो गांजा रखने के आरोप में रंजीत सिंह मनदीप और श्रवण के नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने चार किलो आठ सौ ग्राम च्रापोस्ट की बरामदगी के मामले में च्रा पोस्टत के सप्लाईयर को राजस्थान के झ्झंन् जिले से गिरतार कर लिया है आरोपी म्केश ढाका जालिमप्रा गांव का रहने वाला है केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौशलचार्य सम्मान दिया गया है आईआईटी करनाल के अन्देशक राम बिलास को और आईआईटी पानीपत में अन्देशक सिद्वार्थ शर्मा को गैर अभियांत्रिकी क्षेत्र में बेहतर करने के लिए इस सम्मान से नवाज़ा गया है आज चंडीगढ़ में जारी एक बयान में हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूल चंद शर्मा ने कौशलचार्य सम्मान हासिल करने पर अन्देशक राम बिलास और सिद्वार्थ शर्मा को बधाई देते हये कहा कि इससे औरों को भी आगे बढ़ने की प्ररेणा मिलेगी

सिविल सर्जन डा जसजीत कौर ने बताया कि आज दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु हुई है